प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र पर एक वेबीनार को सम्बोधित करते हये कहा कि कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर साढ़े सोलह लाख करोड़ रूपये कर दिया गया है

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अति गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान के लिए उनकी आय बढ़ाने का संकल्प लिया है

उन्होंने कहा कि देश के लिए अच्छा होता अगर दो तीन दशक पहले ऐसा किया गया होता इस वर्ष के केन्द्रीय बजट मे कृषि क्षेत्र के लिए उठाये गये कदमों बारे एक वेबीनार को सम्बोधित करते हये श्री मोदी ने कहा कि मौजूदा समय हमें ख्राक फल सब्जियों एंव मत्स्य पालन सहित कृषि के हर क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करना होगा और साथ ही यह जरूरी है कि खाद्य प्रसंस्करण प्रणाली में सुधार एवं किसानों को उनके गांव के नज़दीक आध्निक भंडारण स्विधयें मुहैया करवाई जाये प्रधानमंत्री ने डिब्बा बंद उत्पादों के लिए वैश्विक बाज़ार में देश के कृषि क्षेत्र शम्लियत बढ़ाने की जरूतर पर बल दिया उन्होंने कहा कि यह समय की अवश्यकता है कि किसानों की उपज को बाज़ार में अधिक से अधिक विकल्प हो और हमें अपने कृषि उत्पादों को वैश्विक डिब्बा बंद भोजन बाज़ारों के साथ एकीकृत करना होगा उन्होंने गांव के नज़दीक कृषि उद्योगों की संख्या बढ़ाने पर ज़ोर दिया ताकि लोगों को गांव मे ही खेती सम्बधित रोज़गार मिल सके

उन्होंने कहा कि किसान रेल देश के कोल्ड स्टोरेज नैटवर्क का एक मज़बूत माध्यम बन गई है श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर साढ़े सोलह लाख करोड़ रूपये कर दिया है इसमें पश् पालन डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है

दस हजार सरकारी अस्पतालों में यह वैक्सीन म्फ्त दी जायेगी जबकि लगभग बीस हजार निजी टीकाकरण केन्द्रों पर वैक्सीन का खर्च लोगों को खूद वहन करना होगा

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्य सरकार को स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत सूचीबद्ध सभी निजी अस्पतालों को कोविड टीकाकरण केन्द्र के रूप में इस्तेमाल करने की छूट दी गई है पंजीकरण के समय पात्र लाभार्थियों के पास आधार कार्ड पासपोर्ट वोटरकार्ड ड्राइविंग लाइसेंस पेन कार्ड या फोटो सहित पेंशन दस्तावेज जैसा कोई भी एक पहचान पत्र होना आवश्यक है हरियाणा में भी आज से कोरोना टीकाकरण के तीसरे चरण की श्रूआत हो गई है

फतेहाबाद में नागरिक अस्पताल में भी टीकाकरण के दौश्रान काफी भीड़ रही

मुख्यमंत्री ने आज चंडीगढ़ में इस परियोजना की समीक्षा करते हये कहा कि ये परिवार योजना का लाभ लेने के लिए खुद आगे नहीं आयेंगे बल्कि सरकार को पहल करके इनकी पहचान करनी होगी ये अति गरीब परिवार झ्ग्गी झोपड़ी या मलिन बस्तियों में रहने वाले हो सकते है इस दौरान म्ख्यमंत्री ने विश्वकर्मा कौशल विशवविदयालय के क्लपति डॉ राज नेहरू को समाज के अंतिम पायदान पर खड़े कम पढ़े लिखे व अन्य कारणों से पिछड़े ऐसे परिवारों के लिए रोज़गार उपलब्ध करवाने हेतु आवश्यक कोर्स तैयार करने के लिए भी कहा

इस अभियान के तहत स्कूलो में जल संरक्षण गतिविधियां की जाएंगी

इसके साथ ही बंद कओं को भी फिर से चालू करवाया जायेगा बंद तालाबों से कब्जे छूड़वाए जाएंगे

श्री कटारिया आज पंचकूला में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे